इस सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज के अंतर्गत कुछ और नई घोषणाए किए जाने की संभावना है इससे पूर्व कल उन्होंने कृषि मछली पालन पशुपालन और संबंधित क्षेत्र के लिए अनेक घोषणाएं की वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ करने के लिए एक लाख करोड़ रूपए दिए जाएंगे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विशेष रेलगाडियों से प्रवासी श्रमिकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है अब से कुछ देर बाद दो श्रमिक स्पेशल ट्रेने करीब ढाई हजार से ज्यादा प्रवासियों को लेकर बीकानेर पहुंचेगी इनमें से एक ट्रेन तेलंगाना से और दूसरी ट्रेन मुम्बई से आ रही है

प्रदेश में कोरोना संकमण से ठीक होने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है

केन्द्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी प्रवासी श्रमिक पैदल घर वापसी ना करें केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे श्रमिकों को पैदल पलायन करने से रोके और उन्हें स्पेशल ट्रेनों और बसों से ही अपने गृह राज्य जाने के लिए समझाये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि क्वारेंन्टीन सेंटरों में रह रहे प्रवासियों और श्रमिकों को किसी बात की तकलीफ न हो इसके लिए इंतजाम किये जाए

राज्य सरकार द्वारा दो प्रतिशत कृषक कल्याण फीस लगाने के विरोध में मंडिया बंद थी

मंडियों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए काम किया जा रहा है झालावाड जिले में लॉकडाउन के द्वारान श्रमिकों कों मनरेगा के माध्यम से रोजगार के अवसर मिल रहे है मजदूर कार्यस्थल पर संकमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए काम कर रहे है जिले के मूंडलिया खेडी गांव के लोग गांव में ही रोजगार मिलने से खुश है केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री उज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कांफेंस के माध्यम से बातचीत की बाडमेर के चोहटन कस्बे से भी महिलाओं ने इस संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए अभिमावकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख से बढाकर ढाई लाख रूपये कर दी है